इनमें बलौदाबाजार में छह कबीरधाम में पांच बालोद में चार गरियाबंद में तीन और राजनांदगांव में दो नए मरीज शामिल हैं वहीं आज रायगढ़ में चार और जशपुर जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर एक सौ सतहत्तर हो गई फिलहाल एक सौ पंद्रह मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं बासठ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं कबीरधाम जिले में भी पांच नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है वहीं गरियाबंद जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है लोगों से लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है इधर राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में दो नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हें सागर गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव की सीमा को सील कर दिया है और आसपास क्षेत्र की निगरानी की जा रही है इसी तरह बालोद जिले में चार नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद गोडरी कजराबांधा निपानी बेलौदी हल्दी मटिया बोरगहन और कलंगपुर गांव में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया उधर जांजगीर चांपा जिले के कुलीपोटा के क्वारेंटाइन सेंटर में एक महिला कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया है साथ ही पूरे क्वारेंटाइन सेंटर को सैनिटाईज किया जा रहा है

यह मरीज दुलदुला के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था और हाल ही में मुंबई से लौटा था वहीं बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई इस मरीज को मस्तुरी क्वारेंटाइन सेंटर से गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था मृतक के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है मुंगेली जिले के छीतापुर गांव के क्वारेंटाइन सेंटर में भी एक प्रवासी मजदूर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई इस बीच जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है लोगों को लॉकडाउन और क्वारेंटाइन नियमों का पालन करने तथा घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है दूसरी ओर नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत फरीदनगर को कंटेन्मेंट जोन की पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है इस क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पांच मई को कंटेन्मेंट घोषित किया गया था वहीं महासमुंद जिले की पिथौरा तहसील के अंतर्गत क्वारेंटाइन सेंटर में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरते जाने पर खुर्सीपार के कोटवार को निलंबित कर दिया गया है इसी तरह राजनांदगांव शहर में थोक सब्जी मंडी अब सप्ताह में सिर्फ एक दिन सोमवार को बंद रहेगी केंद्रीय मंत्री दौरा इस बीच केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने क्वारेंटाइन सेंटर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज सरगुजा संभाग के बलरामपुर में बालक छात्रावास में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर का दौरा किया मंत्री ने तहसील और जनपद सीईओ को व्यवस्था को बेहतर बनाने की हिदायत दी गौरतलब है कि दिल्ली से लौटे एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिये इस क्वारेंटाइन सेंटर में भोजन और अन्य व्यवस्था अच्छी न होने का आरोप लगाया था कोरोना जोन निर्धारण कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी विकासखंडों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या उनके दोगुने होने की दर और प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच के आधार पर उन्हें रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाईस मई की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है इसे हर सोमवार को अपडेट किया जाएगा विभाग ने कलेक्टरों और जिला दंडाधिकारियों द्वारा घोषित कोरोना वायरस प्रभावित कंटेन्मेंट जोन की सूची भी जारी की है प्रदेश में इक्कीस मई की स्थिति में कंटेन्मेंट जोन घोषित क्षेत्रों की संख्या चवालीस है वहीं तीन जिलों के चार विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है इनमें बालोद जिले के डौंडीलोहारा बिलासपुर जिले के तखतपुर और मस्तुरी तथा कोरबा जिले के कोरबा विकासखंड शामिल हैं इसी तरह प्रदेश के अस्सी विकासखंड क्षेत्र ऑरेंज जोन में रखे गए हैं जबकि बाकी विकासखंड ग्रीन जोन में हैं मुख्यमंत्री विशेष कार्यक्रम कोरोना संकट के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों प्रवासी मजदूरों वनवासियों और ग्रामीणों सहित समाज के सभी वर्गो के हित में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं इन सभी कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब यदि द्वितीय चरण में भी सावधानी बरती गई तो छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण को परास्त करने में कामयाब होगा

आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सोमवार पच्चीस मई को सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कहा है कि घरेलू उड़ान शुरू करने से संक्रमण फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रभावी उपायों और दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही उड़ान संचालन प्रारंभ करना चाहिए राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए यात्रियों को चौदह दिन क्वारेंटाइन केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित और पेड क्वारेंटाइन सेंटर पर रहना अनिवार्य किया जाए तथा टिकट बुक करते समय ही इसकी जानकारी यात्रियों को दी जाए वहीं मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की तर्ज पर ट्रेनें स्टेट दू स्टेट चलाई जानी चाहिए अधिकतम दो स्टॉपेज और यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से कम रखी जानी चाहिए उन्होंने रेल मंत्री से यात्रियों को सभी श्रेणी के किराये में रियायत देने का भी आग्रह किया है

आकाशवाणी समाचार के जरिये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं मैं निश्चित रूप से कम्यूनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा जगह अच्छे कम्यूनिटी रेडियो बनें और वो लोक जागृति का लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के देश के परिवर्तन में सहभागिता का ज्यादा प्रभाग देने का काम करते जायेंगे यह मुझे विश्वास है हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्तार करने के लिये क्या किया जाये श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायेगा उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का पचहत्तर प्रतिशत मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है श्री जावड़ेकर ने रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फर्जी खबर के खतरे से निपटने में मदद करें उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चैक सेल बनाया है और सामुदायिक रेडियो इसकी मदद कर सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय परामर्श केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के उपचार रूप में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में संशोधित परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में लगे ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है ऐसे स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए भी इस दवा की सिफारिश की गई है जो कोविड नाइंटीन केन्द्रों से बाहर हैं और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है एयर इंडिया टिकट बुकिंग एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है एयरलाइन ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी इंडिगो विस्तारा और स्पाइसजेट जैसी कई निजी विमान कंपनियों ने भी घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है इससे पहले केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद घरेलू उड़ानों को सोमवार पच्चीस मई से फिर से शुरू किया जा रहा है कोरोना रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के उन्नीस स्टेशनों के आरक्षण कार्यालयों में भी रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप कामकाज शुरू हो गया है स्पेशल रेलगाड़ियों में आरक्षण कराने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों में उन्नीस आरक्षण केन्द्र खोले गए हैं सभी काउंटरों में कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्य किए जा रहे हैं सीआईएससीई परीक्षा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस सीआईएससीई ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण स्थगित दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं एक से चौदह जुलाई तक आयोजित की जाएगी सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा कि बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा दो से बारह जुलाई तक और दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं एक से चौदह जुलाई तक आयोजित की जायेंगी जमीन गाइडलाइन दर प्रदेश में जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में तीस प्रतिशत की छूट अब अगले साल इकतीस मार्च तक लागू रहेगी राज्य शासन के वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दरों में तीस प्रतिशत की छूट इस साल तीस जून तक थी जिसे अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है वन धन विकास केन्द्र नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आज वन धन विकास केन्द्र का शुभारंभ किया गया इस केन्द्र के शुरू होने से क्षेत्र के पच्चीस स्व सहायता समूह की ढाई सौ महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा इस केन्द्र में इमली महुआ फूल झाड़ू हर्रा और चिरौंजी को साफ कर प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो इनामी माओवादी मारे गए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गादीरास क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की सूचना होने पर सुरक्षा बलों की टीम को रवाना किया गया था इसी दौरान जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें दो वर्दीधारी माओवादी मारे गए मौके से तीन हथियार बरामद किए गए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पच्चीस मई दो हजार तेरह को झीरम घाटी में माओवादी हिंसा के शिकार हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सुरक्षा बल के जवानों और बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए अन्य सभी लोगों की स्मृति में पच्चीस मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय और अर्द्व शासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी साथ ही यह शपथ भी ली जाएगी कि राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए हम सब संकल्पित रहेंगे कोरोना बीएसपी भिलाई इस्पात संयंत्र की अत्याधुनिक इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप तीन ने कोरोना संकट में भी अपनी उत्कृष्टता दिखाई है एसएमएस तीन के कन्टीन्यूअस कास्ट बिलेट की विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक चीन में अच्छी मांग है भिलाई के एसएमएस तीन द्वारा निर्मित बिलेट का निर्यात पिछले माह से चीन को किया जा रहा है अब तक बीस बीस हजार टन के दो खेप का निर्यात चीन को किया गया है हाल ही में चीन से बिलेट निर्यात का नया आर्डर प्राप्त हुआ है आकाशीय बिजली ऐप आकाशीय बिजली से होने वाली जन धन की हानि को रोकने के लिए मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आई आईटीएम पुणे के सहयोग से एक मोबाइल ऐप दामिनी बनाया गया है इस ऐप को चालू करने से चालीस किलोमीटर के दायरे में यदि आकाशीय बिजली चमक रही है तो उसकी सूचना इसमें दिखाता है यह ऐप आम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है संक्षिप्त समाचार बस्तर रेंज के जिलों में विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण पैंतीस प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक और बत्तीस आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिए योग्यता सूची जारी की गई है बालोद जिले में कर्मचारी संगठनों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे एक शिक्षक और एक स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है राजनांदगांव जिले में मां बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं लॉकडाउन के दौरान जिमी कांदा की ऑनलाइन बिक्री कर रही हैं इससे उन्हें लाखों रूपये की आमदनी भी हो रही है बलौदाबाजार जिले में आयुष विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान गांवों में शिविर लगाकर करीब चार हजार लोगों को काढ़ा पिलाया गया महासमुंद जिले के ग्राम परसदा में दवाई खरीदने के लिए निकले एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है राजनांदगांव जिले में सोमनी पुलिस ने बीते दिनों पेशी में ले जाते वक्त फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है